कांगड़ा जिला के सुलह में आज अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और नगरोटा बगवां में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मेलनों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कृशल नेतृतव में पिछले पांच वर्षो में सामाजिक व आर्थिक उत्थान की दिशा में किए गए कार्यो से नए भारत का निर्माण हुआ है

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र की विभिन्न योजनाओं से हिमाचल के लाखों किसानों को फायदा मिला है जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दी है वे अनमने मन से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी हार नजदीक देखकर इनके नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के समर्थन में लोगों से सहयोग मांगा

भाजपा नेता विपिन परमार शांता कुमार और पार्टी प्रत्याशी किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को मण्डी संसदीय क्षेत्र की चिंता सता रही है और इसी के चलते वे कांग्रेस पर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं शिमला से जारी एक प्रैस ब्यान में उन्होंने कहा कि चारों संसदीय सीटों पर कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं और भाजपा को अपनी हार का एहसास हो गया है कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनभावनाओं के साथ जबकि भाजपा तानाशाही के साथ चलती है इस बीच उन्होंने शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधि विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता भी की उन्होंने सदस्यों व पदाधिकारियों से आदर्श आचार संहिता के पालन का आग्रह किया उधर कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने आज एक बैठक का आयोजन कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई बाद में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस के महासचिव सुंदर ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्ष में भाजपा अपने वायदे निभाने में नाकाम रही है

दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस सम्मेलन बैठकें और घर घर जाकर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं इसी कड़ी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर मंडल के अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यक्रम को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विश्व पटल पर एक नई पहचान बनाई है अनुराग ठाकुर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश मज़बूत हाथों में है इस बात को लोग समझ चुके हैं उन्होंने डोकलाम सहित उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राईक व पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राईक का जिक करते हुए एनडीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया शांडिल इधर शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने आज नौणी व आसपास के इलाकों में प्रचार अभियान चलाया इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और गांव गांव घर घर जाकर प्रचार अभियान में जुटी है शांडिल ने कहा कि पार्टी अपनी नीतियों के दम पर जीत हासिल करेगी उन्होंने कहा कि प्रचार अभियान के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है बैठक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ठोस कचरा प्रबंधन नियम कार्यान्वयन संबंधी राज्य समिति की अध्यक्ष राजवंत संधु ने कचरे के समुचित निपटारे के लिए आवास स्तर पर तरल व ठोस कचरा अलग अलग एकत्रित करने के निर्देश दिए हैं आज शिमला में शहरी स्थानीय निकायों और विभिन्न विकास खंडों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन की अनुपालना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण सुरक्षित होगा राजवंत संधु ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश को हरा भरा रखने के लिए ठोस व तरल कचरे का वैज्ञानिक निपटान जरूरी है उन्होंने सभी क्षेत्रों में चुने हुए प्रतिनिधि व नागरिकों की वार्ड स्तर पर समितियां गठित करने पर भी बल दिया